मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार ने ये फैसला विधायकों की लगातार मांग के दृष्टिगत लिया है मुख्यमंत्री ने बताया कि विपक्षी दल कांग्रेस जहां पहले दिन से ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग कर रहा था वहीं सत्तापक्ष के अधिकांश विधायक भी इस निधि को बहाल करने के पक्ष में थे

प्रश्नकाल शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान दूरदराज और दुर्गम इलाकों में फायर स्टेशन खोलने का मामला गूंजा विधायक जियालाल के मूल और विक्रम सिंह जरियाल व मोहन लाल ब्राक्टा के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार दूरदराज व दुर्गम स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर फायर स्टेशन खोलने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि पांगी का क्षेत्र हो या फिर चिड़गांव डोडरा क्वार का इलाका हो वहां पर खासकर सर्दियों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और इस दौरान भारी नुकसान भी हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी में अग्निशमन केंद्र खोलने को लेकर विभाग से रिपोर्ट आ गई है और अब सरकारी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है कांग्रेस सदस्य मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहड् विधानसभा क्षेत्र का चिड़गांव डोडरा क्वार का इलाका भी पिछड़ा और दुर्गम है वहां भी आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और सरकार की ओर से मदद भी की गई उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फायर स्टेशन के मामले की जांच की जाएगी और फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी इस बीच भाजपा सदस्य विक्रम सिंह जरियाल ने हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन कार्यालय खोलने की मांग की भाजपा के सुरेंद्र शौरी के सैंज आईटीआई को लेकर पूछे गए सवाल पर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि सैंज में भवन निर्माण कार्य चल रहा है और भवन तैयार होने पर यहां ट्रेड बढ़ाए जाएंगे

उन्होंने बताया कि एफआरए क्लीयरेंस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक आठ बार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किए जा चुके है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है प्वांइट ऑफ आर्डर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिमला मटौर फोरलेन मामले को फिर से केंद्र के समक्ष उठाया है

वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के तहत ये मामला उठाए जाने पर बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट मंडी मार्ग की अनवाइवल की सूचना नहीं आई है यह मार्ग सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रोजेक्टों के प्रति गंभीर है और एनएचएआई के प्रोजेक्टों में जल्द प्रगति देखने को मिलेगी सत्र सम्पन्न प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया